मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे दशहरा उत्सव की छठी सांस्कृतिक संध्या में कल देर शाम बॉलीवुड के पार्श्व गायक कैलाश खेर ने समां बांधा इस दौरान मिश्र और कर्नाटक के सांस्कृतिक दलों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे इस बीच मुख्यमंत्री आज मनाली और रोहतांग के बीच हेली टैक्सी सेवा का मनाली से शुभारंभ करेंगे भाजपा मोर्चा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक कल चंबा में हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष मुल्खराज प्रेमी ने कार्यकर्ताओं से केन्द्र व प्रदेश सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आहवान किया उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले मोर्चा द्वारा प्रदेश में पद यात्रा कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार व सुझाव साझा करने का आग्रह किया

रिकॉर्ड किए गए कुछ संदेशों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा कर्मचारी महासंघ प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने राज्य सरकार से नई पैंशन योजना की खामियों को जल्द दूर करने की मांग की है महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा कि इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार को महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हल निकालना चाहिए उन्होंने कहा कि नई पैंशन नीति लागू होने के बाद कर्मचारियों में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि को लेकर चिंता व्याप्त है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दिव्य हिमाचल के शब्द हैं बाढ़ग्रस्त जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यमंत्री की सौगात प्रभावित परिवारों को बीपीएल की दर पर उपलब्ध करवाया जाएगा छह माह का राशन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के शिमला प्रवास की तैयारियों पर दैनिक जागरण लिखता है राष्ट्रपति का बगीचा छुआ तो लगेगा करंट रिट्रीट के सेब बगीचे में नहीं घुस पाएंगे जानवर सोलर फेंसिंग होगी जेबीटी शिक्षक भर्ती पर हिमाचल दस्तक ने लिखा है हाईकोर्ट के आदेश टेट मैरिट से हो जेबीटी भर्ती

पंजाब केसरी की एक खबर है सॉलिड वेस्ट निपटान में असफलता पर हाईकोर्ट गंभीर मांगी रिपोर्ट इसी समाचार पत्र के अनुसार पोलैंड नागरिक के लापता होने के मामले में एसपी कुल्लू हाईकोर्ट में तलब एनजीटी के एक आदेश को दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है कसौली में हिमाचल ट्ररिज्म का होटल सिर्फ ढाई मंजिला बनेगा इसी समाचार पत्र की एक अन्य खबर है हिमाचली युवा को ही मिलेगा कौशल विकास भत्ते का लाभ सरकार ने उद्योगों से मांगा रिकार्ड जबकि हिमाचल दस्तक लिखता है निजी क्षेत्र में नौकरी पाने वालों को हर महीने मिलेंगे एक हजार रूपये

अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है दुर्गम क्षेत्रों में ड्रोन से लिए जाएंगे ब्लड सैंपल जबकि आपका फैसला ने लिखा है केंद्र ने नौ माह में हिमाचल को दिए नौ हजार करोड़ एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय जानलेवा रोमांच में प्रदेश में साहसिक खेलों के दौरान हो रहे हादसों से निपटने के लिए शासन प्रशासन को त्वरित कदम उठाने की सलाह दी है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय आईने आमने सामने में लिखा है कि स्थानांतरण नीति या नियम जब तक राजनीतिक चाकरी करेंगे सरकारी कार्य संस्कृति भी इसीका अनुपालन करेगी आपका फैसला ने अपने संपादकीय में पहली कक्षा में दाखिला लेने के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता के प्रदेश सरकार के फैसले की सराहना की है शीर्षक है दाखिले से पहले टीकाकरण अनिवार्य